कल से सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज हो जायेगा सामान्य

और प्रदेश में ग्यारह से तेरह जून के बीच मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना

वे शाम चार बजे भाजपा के दिल्ली स्थित मुख्यालय से बिहार के लोगों से संवाद करेंगे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि फेसबुक टवीटर के अलावा टीवी स्क्रीन पर भी श्री शाह के भाषण को सुना जा सकेगा सभी शक्तिकेंद्र और बूथों पर श्री शाह के भाषण का सीधा प्रसारण होगा जिसे कार्यकर्ता सुन सकेंगे भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में भी श्री शाह के भाषण को सुनने की विशेष व्यवस्था की गयी है माना जा रहा है कि श्री शाह के संबोधन के साथ भाजपा की ओर से प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो जायेगी उधर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज से पार्टी पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्मय से बातचीत की शुरूआत कर रहे हैं वे भी चुनाव की तैयारियों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करेंगे प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में दो सौ तैंतीस नये मरीजों के मिलने के बाद कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर चार हजार आठ सौ इकतीस हो गयी है अब तक दो हजार दो सौ अंठानवे मरीज स्वस्थ हो चुके हैं जबकि दो हजार चार सौ अठारह सक्रिय मरीज हैं इस महामारी से मरने वालों की संख्या इकतीस हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कल सुपौल जिले में अठाईस पूर्णिया और मुधबनी में सोलह सोलह मुंगेर में पंद्रह भागलपुर में चौदह सिवान में तेरह नवादा में बारह सारण और पश्चिम चंपारण में ग्यारह ग्यारह समस्तीपूर में दस किशनगंज में नौ बेगूसराय और पूर्वी चंपारण में आठ आठ कैमूर और अररिया में छह छह दरभंगा पटना तथा वैशाली में पांच पांच गया और भोजपूर में चार चार शिवहर बक्सर सहरसा औरंगाबाद गोपालगंज और सीतामढ़ी में तीन तीन अरवल बांका और मुजफ्फरपुर में दो दो तथा जहानाबाद और खगड़िया जिलों में एक एक नये कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान की गयी है स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि घर घर सर्वे के दौरान अब तक पांच लाख इकतीस हजार व्यक्तियों की जांच की गयी है उन्होंने कहा कि स्वस्थ होने की दर बढ़कर अड़तालीस प्रतिशत हो गयी है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार देश में कोविड उन्नीस महामारी से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो लाख छत्तीस हजार से अधिक हो गयी है वहीं इस महामारी से अबतक छह हजार छह सौ बयालीस लोगों की मृत्यू हुई है जबकि एक लाख चौदह हजार तिहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं लॉकडाउन के पांचवें और अनलॉक के पहले चरण में केंद्र सरकार ने कई तरह की छूट दी है ताकि सामान्य जन जीवन में गति आ सके इसी क्रम में राज्य में कल से सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य हो जायेगा मंदिरों रेस्टोरेंट और मॉल भी खूल जायेंगे सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों प्रमंडलों और जिलों को निर्देश भेज दिया है सरकारी कार्यालयों में कुर्सी की ऐसी व्यवस्था होगी जिससे दो कर्मचारी आमने सामने नहीं बैठ सकें विभाग ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिये हर संभव कदम उठाये जायें और केंद्र सरकार द्वारा तय दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉल रेस्तरां या कार्यस्थलों में जाते समय सभी कर्मचारियों कामगारों या मालिकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा इनमें कम से कम छह फीट की सुरक्षित दूरी बनाए रखना और फेस कवर या मास्क पहनना शामिल है खांसते या छींकते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी सभी लोगों को अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी किसी भी तरह की बीमारी होने पर जल्द से जल्द राज्य या जिला हेल्पलाइन पर सम्पर्क करना होगा दिशा निर्देशों के अनुसार सभी रेस्तराओं से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि रेस्तरां में खाना खिलाने के बजाय भोजन पैक करवाकर घर ले जाने को प्रोत्साहन दिया जाए इस बीच बिहार धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन ने कहा है कि राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर कुछ शर्तो के साथ कल से मठ मंदिर और ठाकुरबाड़ी खोलने का आदेश दिया है हालांकि यहां धार्मिक आयोजन और अनुष्ठानों पर अगले आदेश तक रोक रहेगी उन्होंने कहा कि इस दौरान मंदिरों में सिर्फ दर्शन की अनुमति होगी इस संबंध में धार्मिक न्यास परिषद ने विस्तृत निर्देश जारी किया है निर्देश के अनुसार पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग व्यक्तियों दस वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को धार्मिक स्थलों पर नहीं आने की सलाह दी गयी है धार्मिक स्थलों में भीड़भाड़ की अनुमति नहीं होगी पुणे की राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला ने कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों के गले से लार का नमूना लेने के लिए एक स्वदेशी उपकरण नेसोफारिनजियल विकसित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के तहत यह प्रयोगशाला एक दिन में एक लाख नेसोफारिनजियल निर्मित करेगी यह एक बेलनाकार प्लास्टिक की छड़ी है जिसके ऊपर एक ब्रश लगा है फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कोविड उन्नीस के संक्रमण से बचने के लिए लोगों से घर में रहने की अपील की है साउंड बाईट अगर आप बाहर हैं तो किसी बहुत बहुत जरूरी काम से रहेंगे क्योंकि अभी हम सबका खुद से सवाल पूछना यह बहुत जरूरीहै कि क्या मेरा बाहर जाना जरूरी है क्या मेरा बाहर जाना सुरक्षित है कोरोना वायरस छुट्टी पर नहीं है काफी जोर शोर से काम कर रहा है ओवर टाइम कर रहा है इस रेस मेंवो आगे चल रहा है लेकिन रेस अभी बाकी है जीता नहीं है हम जीत सकते हैं हमने जीतना ही होगा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय ने पटना स्थित आईजीआईएमएस में जिनोमिक लैब का लोकार्पण किया इस दौरान उन्होंने कहा कि इस लैब के माध्यम से शरीर में मौजूद वायरस बैक्ट्रिया और फंगस की पहचान हो सकेगी सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा शेखपुरा जिले में कोरोना से बचाव को लेकर विभिन्न तरह के जागरूकता संबंधी होर्डिंग लगाए जा रहे हैं नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के प्रथम वर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किये हैं मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों और कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाये हैं मंत्रालय ने विद्यार्थियों अध्यापकों और उनके परिवारों को मनोवैज्ञानिक समर्थन देने तथा उनके मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मनोदर्पण नाम की पहल शुरू की है

वहीं स्कूली शिक्षा के लिए ऑनलाइन जंक्शन शगुनकी शुरुआत की गई इसके जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए सामग्री के साथ साथवीडियो आधारित शिक्षा भी उपलब्ध कराई जा रही है

दीपेंद्र कुमार आकाशवाणी समाचार नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना उपभोक्ता केन्द्रित सेवा और लोगों के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है इस योजना से बिना किसी लागत के जीरो बैलेन्स से खाता खोलना संभव हुआ है श्री अमिताभ कांत ने कहा कि यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अड़तीस करोड़ जनधन खातों में से लगभग तिरपन प्रतिशत महिलाओं के नाम हैं उन्होंने कहा कि देश के आकांक्षी जिलों में यह योजना विशेष रूप से सहायक रही है मौसम के उतार चढ़ाव के बीच ग्यारह से तेरह जून के बीच प्रदेश में मॉनसून प्रवेश कर सकता है मौसम विभाग के अनुसार प्री मॉनसून के महीने मार्च अप्रैल और मई में हुयी ठीक ठाक बारिश और अनुकूल परिस्थितियों से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्यारह से तेरह जून के बीच मॉनसून बिहार में प्रवेश कर जायेगा मॉनसून कर्नाटक पहुंच गया है आठ जून को एक निम्न दबाव क्षेत्र बन रहा है जो नौ जून को ओडिशा के तटीय इलाके में बारिश करायेगा इसका प्रभाव बिहार पर ग्यारह से तेरह जून के बीच पड़ेगा और प्रदेश में बारिश की शुरूआत होगी बीस जून तक प्रे प्रदेश में अच्छी बारिश की संभावना है उधर पटना मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक संजय कुमार ने बताया कि अरब सागर में उठे तूफान और उसके बाद बिहार में बने कम दबाव के कारण पिछले दो दिनों से राज्य में बारिश हो रही थी उन्होंने कहा कि दस से बारह जून तक प्रदेश के कई इलाकों में फिर बारिश हो सकती है प्रदेश में टिड्डी दलों के प्रकोप की आशंका को देखते हुये दस जिलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि कैमूर रोहतास बक्सर भोजपुर गया औरंगाबाद सारण सिवान गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण जिलों की सभी पंचायतों में टिड्डी दल के संभावित आक्रमण से संबंधित चेतावनी और एडवाइजरी जारी कर दी गयी है उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से सटे बिहार के जिलों की चौबीस पंचायतों में टिड्डी दल से बचाव के लिये मॉक ड्रिल करायी गयी मूख्य निर्वाचन पदाधिकारी एच आर श्रीनिवास ने बिहार विधानसभा चूनाव की तैयारियों की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की और आवश्यक निर्देश दिये ईवीएम और कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर भी विमर्श किया उन्होंने मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन और नये मतदान केंद्र बनाने के लिये भवनों को चिन्हित करने के निर्देश दिये हैं उधर पटना स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को लेकर पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलाधिकारियों को चयनित मतदान केंद्रों को सत्यापन करने को कहा है उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं का मतदाता सूची में दो जगह नाम है उन्हें तत्काल हटाया जाये पटना उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के सफाईकर्मियों को हटाने के मामले में हलफनामा दायर नहीं होने के कारण सुनवाई टाल दी है तब तक इन कर्मचारियों की हटाने पर रोक लगा दी गयी है इस मामले की सुनवाई एक महीने के बाद होगी शिक्षा विभाग प्रवासी कामगारों के बच्चों का ऑनलाइन सर्वे करेगा इसके लिये एक एप विकसित किया जा रहा है प्राप्त जानकारी के अनुसार इस सर्वेक्षण के जरिये शिक्षा विभाग प्रवासी बच्चों की शिक्षा और कौशल विकास के लिये दो स्तरीय कार्यक्रम तैयार करेगा इस योजना का संचालन बिहार शिक्षा परियोजना परिषद करेगी राज्य सरकार द्वारा पटना गया मुजफ्फरपुर और भागलपुर में जाम की बढ़ती समस्याओं को देखते हुये ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव के लिये कार्ययोजना तैयार की जा रही है इसके तहत पुलिस मुख्यालय स्तर पर राज्य की यातायात व्यवस्था की मॉनिटिरिंग आईजी स्तर के अधिकारी को सौंपी गयी है नवादा जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में मनरेगा और जल जीवन हरियाली अभियान योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई बैठक में अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गये भोजपुर जिले के गढ़नी प्रखंड अंतर्गत बाल बांध गांव निवासी अनिल किशोर को ब्रिक्स बैंक का उपाध्यक्ष चूना गया है ब्रिक्स भारत ब्राजील दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों का अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग समूह है श्री किशोर इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर परीक्षा दो हजार अठारह और कंपार्टमेंटल परीक्षा दो हजार अठारह का मूल प्रमाण पत्र सभी जिलों को भेज दिया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को सुर्खी बनाते हुये लिखा है संक्रमण में भारत ने इटली के बाद स्पेन को पीछे छोड़ा दैनिक जागरण ने प्रदेश में होने वाली भर्ती से जूड़ी अपनी विशेष खबर का शीर्षक लगाया है चूनाव से पहले होंगी दो लाख नियुक्तियां दैनिक भास्कर ने अन लॉकडाउन के दौरान बाजार खुलने के बाद सामानों की बिक्री से जुड़ी खबरों को फोकस करते हुये लिखा है स्टोर पर पंद्रह हजार तक के मोबाइल की शॉर्टेज एसी लैपटॉप की बिक्री साठ प्रतिशत पहुंची प्रभात खबर ने भारत चीन विवाद से जुड़ी खबर का शीर्षक लगाया है भारत ने कहा पीछे हटे चीन हम नहीं रोकेंगे सड़क निर्माण राष्ट्रीय सहारा ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान को शीर्षक बनाते हुये लिखा है हर मोर्चे पर जीतेंगे महामारी से जंग

कल से सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज हो जायेगा सामान्य

और प्रदेश में ग्यारह से तेरह जून के बीच मॉनसून के प्रवेश करने की संभावना